श्री वर्मा ने उन्हें अनिश्चित अवकाश पर भेजे जाने और एम नागेश्वर राव को अंतरिम प्रमुख नियुक्त किये जाने के फैसले को चुनौती दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसेफ की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी इसके साथ ही एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें विशेष सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना सहित सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराने की मांग की गयी है आलोक कुमार वर्मा और राकेश अस्थाना को एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोपों के बाद अवकाश पर भेजा गया है

व्यवस्था के पर्यवेक्षण के लिये राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज निर्वाचन कार्यालय अरेरा हिल्स भोपाल में आयोजित की जायेगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांता राव बैठक की अध्यक्षता करेंगे

प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय ने साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और आठ अन्य लोगों के खिलाफ कल प्रक आरोप पत्र दायर किया आरोप पत्र में श्री चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और उनके चार्टेड एकाउंटेट भास्कर रमण के नाम भी शामिल हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम पर मनी लॉड्रिंग का आरोप है इस मामले पर दिल्ली की अदालत आज विचार करेगी

अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष के सिवन ने गोरखपुर में कल ये जानकारी दी

इसका डिजाइन ऐसा है कि यह चांद पर आसानी उतर सकेगा और सतह पर विस्तृत परीक्षण करेगा

इनमें से एक उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है बाकी तीन उपग्रहों को नवंबर दिसंबर और अगले साल के शुरुआत में स्थापित किया जाएगा तलाशी अभियान प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस तलाशी अभियान तेज कर दिया है

उधर इंदौर में राजेस्व सूचना निदेशालय ने मुंबई से करीब छह किलो सोना लेकर इंदौर पहुंचे दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है दोनों के पास से करीब छह किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए थे इनमें एक महिला भी शामिल है दोनों यात्रियों के कब्जे से सौ सौ ग्राम सोने के बिस्किट करके कुल छह किलो सोना पाया गया है बरामद सोने की कीमत करीब दो करोड़ रूपये आंकी गई है

आयोग संज्ञान मानवाधिकार आयोग ने राजधानी भोपाल और कटनी शहर की विभिन्न कालोनियों में निजी कंपनियों द्वारा लगाये जा रहे टावरों से फैल रहे रेडिएशन से पीड़ित रहवासियों की समस्या के मद्देनजर कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त से प्रतिवेदन तलब करते हुए जबाव तलब किया है इसके साथ आयोग मानवाधिकार हनन के आधा दर्जन मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है आयोग द्वारा भोपाल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन्दौर जिले के बियावानी स्थित एक स्कूल की शिक्षिका मीता जैन द्वारा मासूम के साथ मारपीट किये जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है इसी तरह रायसेन जिले के गैरतगंज के एक आंगनबाड़ी भवन की हालत जर्जर होने के मामले में कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से एक माह में प्रतिवेदन तलब करते हुए पूछा है कि भवन कब से जर्जर हालत में है इस पर क्या अभी तक कार्यवाही हुई है

आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में स्वामी सम्वित सोमगिरी का उदबोधन रहेगा इसके अलावा अद्वेत अकादमी के आचार्य डाक्टर के अरविन्द राव का उद्बोधन और कर्नाटक के विख्यात गायक कावालम श्री कुमार पणिक्कर का गायन होगा

उप जिला निर्वाचन ने बताया कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है